राज्य सरकार के खिलाफ आज प्रदेश भर में भाजपा ने किया आंदोलन

स्वास्थ और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने इस अवसर पर कहा कि देशव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में बच्चों को पहले की अपेक्षा अब अधिक बीमारियों से बचाने पर जोर दिया जा रहा है

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को सागर में आरक्षण देने की घोषणा की थी सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विधि एवं विधायी विभाग राजपत्र में पिछड़ावर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाये जाने संबंधी अध्यादेश की सूचना का प्रकाशन की औपचारिकता जल्द ही पूरी करेगा इसके साथ ही प्रदेश में नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो जायेगी

जबलपुर में आरओबी और छिन्दवाड़ा में फ्लॉय ओवर और आरओबी बनाये जायेंगे

लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने स्वीकृत सड़क निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिये हैं संबंधित जिलों के विभागीय अधिकारियों को निर्माण कार्यों को जल्द शुरू करने के निर्देश जारी किये गये हैं भाजपा अध्यक्ष भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में शामिल होने के लिए ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उनकी अगवानी की विमानतल पर भाजपा नेताओं के औपचारिक स्वागत के बाद श्री शाह केदारधाम स्थित सरस्वती शिश् मंदिर के लिए रवाना हो गए वे दो दिन यही रहेंगे लोकसभा चुनाव से पहले इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है

भाजपा का आरोप है कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गो के साथ लगातार धोखाधड़ी की जा रही है भोपाल में आयोजित प्रदर्शन में शामिल हए भाजपा अध्यक्ष राकेष सिंह ने आरोप लगाया कि कमलनाथ सरकार में पूर्ववर्ती सरकार की जनकल्याण की योजनाओं को बंद किया जा रहा है आज सभी जिला मुख्यालयों पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया इन्दौर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में भाजपा ने धिक्कार दिवस मनाया शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया और ज्ञापन सौंपा वहीं मुरैना में दतिया विधायक नरोत्तम मिश्रा की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया इस दौरान श्री मिश्रा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में तबादला अपहरण उद्योग की तरह संचालित हो रहे हैं उधर टीकमगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर राज्य सरकार विरोधी नारे लगाये अलीराजपुर में भाजपा ने नगर पालिका के बाहर प्रदर्शन किया इस दौरान किसान ऋणमाफी और रोजगार भत्ता में वादा खिलाफी का आरोप लगाया वहीं हरदा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धिक्कार दिवस मनाते हुए गिरफ्तारियां दी बैतूल में बिगड़ती कानून व्यवस्था और वचनपत्र पूरा न करने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन किया अशोकनगर खण्डवा डिण्डौरी सीधी सहित विभिन्न जिलों से भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन किये जाने के समाचार मिले हैं उधर प्रदेश कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलूजा ने भाजपा के आन्दोलन पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को धिक्कार नहीं बल्कि आभार दिवस मनना चाहिये

लोक अदालत राजधानी भोपाल समेत प्रदेश में आज विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया गया इनमें राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता फोरमों में विचाराधीन बैंकिंग बीमा विद्युत चिकित्सा टेलीफोन कृषि आटोमोबाइल्स हाउसिंग जैसे प्रकरणों को आपसी सहमति से सुलझाया गया धार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में चौबीस खण्डपीठों का गठन किया गया था जिनमें लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया वहीं देवास में आयोजित लोक अदालतों में आपराधिक सिविल पारिवारिक विवाद घरेलू हिंसा और विद्युत चोरी जैसे मामलों का निपटारा किया गया रायसेन जिले की सभी तहसीलों में भी लोक अदालतों का आयोजन किया गया अशोकनगर नीमच आगर मालवा खण्डवा सीधी डिण्डौरी सहित सभी जिलों में लोक अदालतें आयोजित की गईं जिनमें आपसी सुलह से मामले सुलझाये गये छात्रावास आग खरगोन जिले के भगवानपुरा स्थित एक आदिवासी बालक छात्रावास में आज आग लग जाने के चलते अफरा तफरी मच गई घटना में सभी विद्यार्थी सुरक्षित हैं भगवानपुरा के विकास खंड शिक्षा अधिकारी सुमेर सिंह जाधव ने बताया कि आग स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी

पुलिस प्रशासन व आदिम जाति कल्याण विभाग से जुड़े अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया

इस दौरान स्वास्थ विभाग द्वारा भगोरिया मेलों को मनाने गुजरात से लौटे स्थानीय श्रमिकों के बच्चो को रुबेला मीजल्स का टीका लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा विभाग ने इसके लिए मैदानी अमले को निर्देश जारी किये हैं

गुना जिले में एक कार पलटने से उसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई